मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो गई है इधर छत्तीसगढ़ में भी साठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें भी कोरोना टीका लगाने का सिलसिला जारी है कल तक ऐसे पैंतालीस हजार तीन सौ पचायासी लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है वहीं राज्य में दो लाख छत्तीस हजार चार सौ इकयासी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और एक लाख चौंसठ हजार आठ सौ छत्तीस फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीकाकरण का पहला डोज दिया जा चुका है इसके अलावा इन्हीं लोगों में से अठासी हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ पैंतीस नये मामले सामने आए हैं इनमें रायपुर में सबसे अधिक सड़सठ मरीज शामिल हैं प्रदेश में अब तक तीन लाख तेरह हजार पांच सौ से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जिनमें से तीन लाख छह हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में करीब तीन हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है

श्री अग्रवाल ने मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर जांच कराने की मांग की भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि मंत्रालय में गांधी जी की पुरानी मूर्ति लगाई गई है और इसके एवज में भुगतान कर दिया गया है इस मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि गांधी जी की मूर्ति के नाम पर भ्रष्टाचार होना भ्रष्टाचार की प्रतिपक्ष पराकाष्ठा है इस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी भी की आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया भाजपा सदस्य चर्चा की मांग को लेकर बाद में भी हंगामा करते रहे वहीं सदन में एक ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से बलौदाबाजार में कृषि विभाग के उप संचालक के खिलाफ अनियमितता का मामला भी उठाया गया विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के जवाब में मंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि उप संचालक के निलंबन की घोषणा की

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कृषि मंत्री से पूछा कि किन किन जिलों में कितना गोबर खरीदा गया और किस मद से कितना भुगतान किया गया साथ ही खरीदे गए गोबर से किस जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ है और वर्मी कम्पोस्ट कितनी मात्रा में किन संस्थाओं को बेचा गया जवाब में विभागीय मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पंद्रह फरवरी दो हजार इक्कीस तक सभी जिलों में चालीस लाख क्विंटल से अधिक गोबर खरीदा गया इसके एवज में गोधन न्याय योजना के तहत सतहत्तर करोड़ बावन बावन लाख रूपये से अधिक का भुगतान किया गया है उन्होंने बताया कि सत्तर हजार क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है जिसे प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं को बेचा गया है जिससे करीब तीन सौ संतानवे लाख रूपये की प्राप्ति हुई है राज्यपाल स्थानीय उत्पाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार कर इन उत्पादों को ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए राजधानी रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी हमारा गौरव है और इससे ही देश आत्मनिर्भर बनेगा उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सबसे अधिक स्वदेशी वस्तुओं ने ही हमारा साथ दिया है राज्यपाल ने युवाओं से नवाचार करने और उद्यमी बनने का आग्रह किया जिससे वे अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मुहैया करा सकें तीरंदाजी प्रतियोगिता कोंडागांव जिले के सात बच्चों का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है यह प्रतियोगिता इक्कीस मार्च से महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित की जाएगी गौरतलब है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी द्वारा जिले के मर्दापाल के छात्रावास में रह रहे बालक और बालिकाओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस प्रशिक्षण से अब तक कई बालक बालिका उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं

इनमें कृषि जल संसाधन पशुपालन मछलीपालन खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संस्कृति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी के अलावा वन और जलवायु परिवर्तन आवास तथा पर्यावरण परिवहन और विधि विधायी की अनुदान मांगें शामिल हैं वहीं कल लोक निर्माण गृह जेल धार्मिक न्यास और धर्मस्व तथा पर्यटन के साथ ही नगरीय प्रशासन तथा विकास और श्रम विभाग की अनुदान मांगें पारित की गईं अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि कृषि विभाग के बजट में तेरह प्रतिशत की वृद्धि की गई है वहीं किसानों को लाभ पहुंचाने लाख और मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है इसके अलावा प्रदेश में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए मेगा लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम लागू किया जाएगा राज्य के सभी गौठानों को मल्टीयूटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न कृषि उत्पादों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक ही छत के नीचे बेचने के लिए सी मार्ट योजना का भी बजट में प्रावधान किया गया है इसी तरह वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में तेंद्रपत्ता को छोड़कर सभी लघु वनोपजों के परिवहन को टीपी मुक्त किया गया है उन्होंने कहा कि देश के तिहत्तर प्रतिशत लघु वनोपजों की खरीदी कर छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान बनाया है वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि बस्तर संभाग के जिलों में गुड़ वितरण के लिए बजट में पचास करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है उन्होंने बताया कि राज्य में खाद्यान्न भंडारण क्षमता के विकास के लिए पैंतालीस करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है

इस अवसर पर श्री साहू ने बताया कि विभिन्न न्यासों ट्रस्टों समितियों और मंदिरों के रखरखाव के लिए संचालनालय का गठन किया जाएगा उन्होंने बताया कि साहसिक और जल पर्यटन विकास के लिए नौ जलाशयों का चयन किया गया है उन्होंने बताया कि बेरोजगार युवकों को ब्लॉक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने सभी विभागों के निर्माण कार्यों के लिए ई पंजीयन श्रेणी योजना लाई गई है श्री साहू ने बताया कि प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर संचालनालय और संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्रवाई की जा रही है गृह मंत्री ने कहा कि माओवाद समस्या के समाधान के लिए विकास विश्वास और सुरक्षा की नीति पर अमल किया जा रहा है वहीं नगरीय प्रशासन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि मंडलों में पंजीकृत निर्माण असंगठित और संगठित श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी देने उनकी समस्याओं का निराकरण करने तथा प्रदेश के अन्य राज्यों में कार्यरत् प्रवासी श्रमिकों की ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन सेंटर की स्थापना की पहल की जा रही है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक योजना के लिए बजट में पचास करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरिज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो गई है इस ट्रनमिंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पहला मैच भारत और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच खेला जा रहा है बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए एक सौ नौ रनों पर ऑलआउट हो गई इस तरह भारत को जीत के लिए एक सौ दस रनों का लक्ष्य मिला है गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट के तहत कुल पंद्रह मैच खेले जाएंगे प्रतियोगिता के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है पुलिस बैंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बयासवीं वर्षगांठ के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में कल छह मार्च को सुबह सात बजे से रायपुर के बूढ़ातालाब परिसर में संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी इस अवसर पर सीआरपीएफ की उपलब्धियों की जानकारी के साथ ही लोगों को जागरूक और फिट रहने का भी संदेश दिया जाएगा संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके कल छह मार्च को गरियाबंद जिले के राजिम में आयोजित माधी पुन्नी मेला के संत समागम समारोह में शामिल होंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोक कलाकार और नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के सदस्य विजय डड़सेना के निधन पर दुख व्यक्त किया है श्री डड़सेना का बीते एक मार्च को अमेरिका के शिकागो में निधन हो गया था